प्रदेश विधानमंडल में कल चालू वित्तीय वर्ष के लिये द्वितीय अनुपूरक बजट हुआ पारित विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य सरकार ने स्वच्छता स्वास्थ्य कृषि आवास सिंचाई सहित सभी क्षेत्रों में किया है प्रदेश का विकास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिये आगामी तीस तारीख को अपने विचार करेंगे साझा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत में भोजन की बर्बादी सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि एक नैतिक मुद्दा भी है कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संघ के हीरक जयंती सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां आय और खाद्य पदार्थो की खपत में काफी असमानता है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है विधानसभा में कल चालू वित्तीय वर्ष के लिए आठ हजार चौवन करोड़ रूपये का ट्वितीय अनुपूरक बजट पारित हो गया प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने यह अनुप्रक बजट परसों सदन के पटल पर रखा था कल प्रश्न प्रहर शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की जिसे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने अस्वीकार कर दिया कांग्रेस के नेता विरोधी दल अजय कुमार लल्लू के शिवलिंगों को नदी में फॅकने के मामले में अध्यक्ष द्वारा चर्चा की अनुमति न दिये जाने पर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया बाद में प्रश्न प्रहर बीच बीच में व्यवधान के साथ चलता रहा एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसानों को सोलर पम्प पर चालीस से सत्तर प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना में चालीस करोड़ रूपये से अधिक व्यय कर दो हजार छियालीस किसानों को लामान्वित किया जा चुका है उन्होंने बताया कि राज्य में रासायनिक खादों की कोई कमी नहीं है पिछली सरकारों के दौरान किसानों को खाद के लिए लाइनें लगानी पड़ती थीं खाद प्रकरण पर उठे मुद्दे पर उत्तर से असंतुष्ट होकर समाजवादी पार्टी बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया बजट पर मुख्यमंत्री के भाषण तथा विपक्षी सदस्यों के द्वारा वक्तव्य के बाद इसे पारित कर दिया गया तथा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन को आज ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया उधर प्रदेश कियान परिषद की कार्यवाही आज वित्तीय वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस के लिए द्वितीय अनुप्रक बजट पारित करने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गयी इस दौरान चार अन्य विघेयक भी पारित हो गये परिषद में कल बुलंदशहर तथा आगरा के मुद्दे गुँजे समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरियाने फरवरी माह में आयोजित हई इन्वेस्टर समिट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि आयोजन में चार लाख अड़सठ हजार करोड़ रूपये के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे साठ हजार करोड़ रूपये का निवेश जमीन पर उतरा है जो भी गड़बड़ियां सामने आयी हैं उन पर जांच चल रही है सदन की कार्यवाही पूर्वान्ह ग्यारह बजे शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के शतुरूद्र प्रकाश ने काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद वाराणसी में भवनों के संबंध में प्रश्न उठाया शिक्षक दल के ओम प्रकाश शर्मा ने विधान परिषद के पूर्व सभापति एवं राज्यसभा सदस्य चौधरी सुखराम सिंह यादव के कानपुर नगर निगम के पदेन सदस्य से संबंधित प्रश्न पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकरण पर जांच का आश्वासन दिया गन्ना किसानों के बकाये मूल्य भुगतान के प्रश्न के उत्तर से असंतुष्ट होकर सपा के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया भोजनावकाश के बाद पुनः शुरू हुई परिषद की कार्यवाही को अनुप्रक बजट के साथ चार अन्य विधेयकों को पारित करने के बाद सभापाति रमेश यादव ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया लोकसभा ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक दो हजार अट्ठारह पारित कर दिया है यह उपभोक्ता संरक्षण कानून उन्नीस सौ छियासी का स्थान लेगा विधेयक में खाद्य पदार्थो में मिलावट के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है विधेयक में जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग की स्थापना का प्रावधान है विघेयक के तहत जिला आयोगों को एक करोड रुपये तक के दावों संबंधी शिकायतों को निपटाने का अधिकार दिया गया है पहले यह राशि बीस लाख रुपये तक थी इस बारे में राज्य आयोगों की सीमा एक करोड रुपये से बढ़ाकर पन्द्रह करोड रुपये कर दी गई है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने विवेयक पेश करते हुए कहा कि मौजूदा कानून बत्तीस वर्ष पुराना है जो वर्तमान जरूरतों के मुताबिक नहीं है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समी मंत्रालयों ने पिछले बजट में आवंटन में से बड़ी धनराशि खर्च कर ली है उन्होंने कहा कि पिछले पौने दो साल में प्रदेश की तेईस करोड़ जनता को ध्यान में रखकर सरकार ने काम किया है और बिना भेदभाव के वंचितों तक लाभ पहंचाया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भावनाओं का आदर करते हए राज्य सरकार काम कर रही है जिसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं श्री योगी कल विधानसभा में पूरक बजट पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वच्छता स्वास्थ्य कृषि आवास सिचंई सहित सभी क्षेत्रों में प्रदेश का विकास किया है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत नौ लाख इक्यासी हजार आवासों तथा शहरी क्षेत्र में आठ लाख पच्चीस हजार आवासों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है उन्होंने कहा कि एक लाख बारह हजार मजरों में विद्य्तीकरण किया गया है भयमुक्त वातावरण विद्युत और सरकारी सुविधाओं के चलते राज्य में बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है उन्होंने बताया कि कृषि के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है और अगले वर्ष तक बीस लाख हेक्टेयर अधिक भूमि को सिंचित किया जा सकेगा राज्य में बीस नये कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये हैं उन्होंने कहा कि अगले वर्ष आयोजित होने वाले क्म के लिए बजट में धनराशि का आवंटन किया गया है क्म के लिए हाल ही में चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है श्री योगी ने कहा कि राज्य तेजी से बदल रहा है यहां कृषि व्यापार और उद्योग धंघों का विकास हो रहा है उन्होंने बताया कि अगले वर्ष फरवरी माह में सरकार नया बजट लायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

मन की बात कार्यक्रम के लिए लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य पर और माई जी ओ वी डॉट आई इन पर अपने विचार भेज सकते हैं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से सुझाव सीधे प्रधानमंत्री तक भेजे जा सकते हैं लोकसभा ने कल स्वलीनता दिमागी पक्षाघात मानसिक मंदता और विविध विकलांगता वाले लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास संशोघन विघेयक दो हजार अटठारह पारित कर दिया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इसे भोजनावकाश के बाद सदन में पेश किया जिसे संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया प्रदेश सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं के प्रति बेहद संजीदा है और उनके निवारण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है सरकार के प्रयास से गन्ना मूल्य के बकाये के भूगतान में भी बढ़ोत्तरी हई है यह बात प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कल विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार सोलह सत्रह में चौबीस हजार सात सौ तैतीस करोड़ रूपये का भ्गतान गन्ना किसानों को किया गया था जबकि प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह में यह भ्गतान तैतीस हजार एक सौ छियासी करोड़ रूपये किया गया